महात्मा गांधी की डेढ सौंवीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम ब्लेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं महात्मा गांधी ने एक प्रार्थनासभा के बाद अपने संबोधन में ग्रामीण विकास के बारे में चर्चा की थी

सीबीआई विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि विध्वंस की घटना अचानक हई और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए प्ख्ता प्रमाण नहीं मिले अपना फैसला सुनाते हए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि विध्वंस का काम कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया था और आरोपियों से उनका कोई संबंध नहीं था आरोपी ख्द भीड को शांत करने का प्रयास कर रहे थे मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लखनऊ की विशेष अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में दिए गए निर्णय का स्वागत किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सत्य और न्याय की जीत हुई है इससे स्पष्ट हो गया कि राम मंदिर आंदोलन एक लोकतांत्रिक तरीके से किया गया आंदोलन था इसमें कहीं कोई षडयंत्र नहीं था विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी ख़्शी जताते हुए देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है विधानसभा अध्यक्ष ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए सत्य और न्याय की जीत बताया है सोलर ऊर्जा प्लांट लोकार्पण म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में निवेश कर उद्यम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता कर रही है कोई भी व्यक्ति सोलर प्लांट और पिरूल प्लांट की स्थापना कर सकता है

यह सोलर ऊर्जा प्लांट यूवा उदयमी आमोद पंवार ने अपने गांव में स्थापित किया है

उद्यमियों को ऋण लेने में समस्या न आए इसके लिए बैंकों से लगातार समन्वय किया जा रहा है इस दौरान मुख्यमंत्री ने पहाड़ी उत्पादों का निरीक्षण किया और व्यंजनों का स्वाद लिया उन्होंने कहा कि पहाड़ी व्यंजनों के उत्पाद हमारी पौराणिक विरासत की पहचान है यह आजीविका के साधन बन सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार किसानों को बार बार आश्वस्त कर रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज और मवेशी बाजार समितियां जारी रहेंगी और किसी भी कीमत पर इन्हें नहीं हटाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल प्रदेश में छह बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद कहा था कि कृषि सुधार विधेयकों का विरोध कर रहे लोग नहीं चाहते कि किसानों को खुले बाजार में अपनी उपज बेचने की आज़ादी मिले

किसानों को डर है कि अगर मंडी व्यवस्था समाप्त हो गई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बंद हो जाएगा केन्द्र सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रशासनिक निर्णय है जो अब भी मौजूद है और भविष्य में भी रहेगा मुख्य सचिव बैठक म्ख्य सचिव ओम प्रकाश कहा है कि आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ अधिक से अधिक किसान ले सके इसके लिए जागरूकता फैलायी जानी चाहिए उन्होंने कल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रचर फंड के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में यह बात कही मुख्य सचिव ने कहा कि इस फंड का प्रयोग प्रोसेसिंग यूनिट कोल्ड स्टोर से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में किया जाएगा उन्होंने कहा कि इसके लिए नोडल अधिकारी निय्क्त किया जाए उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग फिशरीज डेरी मेडिसनल और ऐरोमेटिक प्लांट्स की खेती को फोकस किया जाना चाहिए कोविड अपडेट प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है

प्रदेश में रिकवरी दर में सुधार हआ है

सक्रिय मामले दो महीने में आधे से भी कम हो गए हैं

ट्टुंचिंग ग्राउंड शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने शीशमबाड़ा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड कूड़ा निस्तारण के सम्बन्ध में होने वाली जन समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए है उन्होंने इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बंशीधर भगत के साथ हई बैठक में चर्चा की इस दौरान सहसप्र के विधायक सहदेव प्ण्डीर ने कहा कि शीशमबाड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड कूड़ा निस्तारण की समस्या का समाधान किया जाए शहरी विकास मंत्री ने कहा कि रूड़की के वेस्ट टू एनर्जी मॉडल को शीशमबाड़ा ट्रैंचिंग ग्राउंड कूड़ा निस्तारण से जोड़ दिया जायेगा उन्होंने देहरादून के जिलाधिकारी को शीशमबाड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए विकल्प तलाशने के निर्देश दिये स्वरोजगार मछली पालन बागेश्वर जिले में मछली पालन रोजगार का एक बेहतर जरिया बनने लगा है

जिले के थौंणाई गांव के दीपक ने फरीदाबाद में रोजगार के लिए डेयरी का काम किया लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाये तो वो अपने गांव आ गये इस बीच लॉकडाउन में उन्हें केन्द्र और राज्य सरकार की कई रोजगारपरक योजनाओं के बारे में पता चला

मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग ने भी कई योजनाएं श्रू की है यूवाओं को रोजगार देने के लिए उनको मछली पालन के प्रशिक्षण भी तैयारी की जा रही है मत्स्य विभाग के अधिकारी मनोज मियान का कहना है कि मत्स्य पालन को ग्रामीणों की आय का म्ख्य जरिया बनाने का लक्ष्य है

कांग्रेस ने भी पार्टी नेता के निधन शोक जताया बल्ड बैंक देहरादून के जिला अस्पताल गांधी शताब्दी नेत्र अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने ब्लड स्टोरेज सेंटर बनाया है इसके बनने से मरीजों और खासकर गर्भवती महिलाओं को काफी सहलियत होगी